सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल से देश के सैन्य बलों को वर्षभर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आवाजाही की सुविधा मिलेगी शिमला से कल जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मनाली लेह लद्दाख सड़क मार्ग सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है और अटल सुरंग से सैन्य बलों को कम समय में आवाजाही के साथ साथ आयुद्ध सामग्री की आपूर्ति करने की सुविधा मिलेगी

कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के अंदर अकारण गाड़ी रोकना मना है तथा इसकी अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा उन्होंने जानकारी दी कि टनल के कंट्रोल रूम में कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस द्वारा अपने जवान तैनात किए गए हैं तथा टनल के अंदर ओवरस्पीडिंग वायलेशन पकड़ने के लिए डॉप्लर रडार लगाए गए हैं उन्होंने वाहन चालकों से टनल के भीतर निर्धारित गति से वाहन चलाने और नियमों का पालन करने की अपील की है उपायुक्त मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाक्र की अध्यक्षता में कल रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग परिषद की एक बैठक आयोजित की गई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जोनल अस्पताल मंडी में शीघ्र ही जन औषधि दुकान खोली जाएगी उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मददेनजर परीक्षण शुल्क में कोई बढोतरी नहीं की गई है बैठक में अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाए को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया

इस अवधि में पांच कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है

कोरोना की रिकवरी रेट उन्यासी फीसदी से अधिक पहुंच गई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अटल टनल रोहतांग और कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं टनल के अंदर मोटरसाइकिल राइडर के साथ दिखेंगे पुलिस जवान दैनिक जागरण लिखता है चीन की गीदड़ भभकी के बाद बढ़ाई सुरंग की सुरक्षा दैनिक भास्कर का शीर्षक है अटल टनल में पुलिस स्पीड रडार से कंट्रोल करेगी रफ्तार आपका फैसला के अनुसार सुरंग के अंदर अकारण गाड़ी रोकी तो दर्ज होगा मुकद्मा

दिव्य हिमाचल दैनिक जागरण व अजीत समाचार का लगभग एक जैसा शीर्षक है मुख्यमंत्री कार्यालय में कोरोना प्रधान निजी सचिव निकले पॉजिटिव अमर उजाला के शब्द हैं एक और चूक कोरोना संक्रमित विधायक के प्राइमरी कांटेक्ट में आए थे रक्षामंत्री